नई दिल्ली में देश के पहले वैश्विक मोबिलिटी शिखर सम्मेलन मूव का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ मोबिलिटी का अर्थ है वातावरण को प्रद्षणरहित बनाना और लोगो के जीवन स्तर में सुधार लाना श्री मोदी ने कहा कि मोबिलिटी शहरीकरण का मुख्य केन्द्र है और इससे आर्थिक विकास की गति तेज करने में मदद मिलती है श्री मोदी ने कहा कि जीवन को सरल बनाने में मोबिलिटी की प्रमुख भूमिका है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सार्वजनिक परिवहन सबसे ज्यादा अपनाया जाने वाला माध्यम हो सरकार वाहनों के लिए स्वच्छ और कम ऊर्जा की खपत वाले वाहनों के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है नीति आयोग की ओर से आयोजित दो दिन के इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश के शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाने पर चर्चा करना है

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने हालाकि संशोधन कानून के अमल पर स्थगन आदेश जारी करने से इंकार कर दिया न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि केन्द्र सरकार का पक्ष जाने बिना कानून के अमल पर रोक लगाना मुनासिब नहीं होगा इसके साथ ही न्यायालय ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी करके छह सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है

न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा यदि रिपोर्ट एक सप्ताह में नहीं पेश की गयी तो संबंधित राज्य के गृह सचिव को अदालत में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होना पड़ेगा

उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं बालिकाओं श्रमिकों और आमजन के लिए कल्याण योजनाए चलायी हैं श्रीमती राजे ने कहा कि भामाशाह योजना के माध्यम से महिलाओं को परिवार का मुखिया बनाया गया है

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने पेट्रोलियम उत्पादों की बढती कीमतों को लेकर हंगामा किया और वैले में आ गये जिसके कारण प्रश्नकाल स्थगित करना पडा शून्यकाल में जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई विपक्षी सदस्यों ने किसानों की ऋण माफी को धोखा बताने संबंधी रखे गये स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर करने का मुददा उठाया इस मुददे को लेकर विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया और वैल में आ गये

उन्होंने बताया कि यह बोर्ड स्वायत्त संस्था के रूप में काम करेगा इसके बाद उपाध्यक्ष राव राजेन्द्र सिंह ने सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिये स्थगित दी

आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री राठौड़ ने कहा कि आने वाले दिनों में खेलो इंडिया कार्यक्रम के शानदार परिणाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देंगे

हमारे चित्तौड़गढ संवाददाता ने बताया कि इस योजना के जरिये किसानों को अधिक उत्पादन मिलने लगा है